उन्होंने विश्व की पहली न्यू अटेली से न्यू किशनगढ़ के लिए एक दशमलव पांच किलोमीटर लंबी डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना भी किया इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस विशेष मालवाहक गलियारे को देश के लिए परिवर्तनकारी परियोजना के रूप में देखा जा रहा है

भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी की फोर्जिंग के लिए एचईसी का चयन किया है पहले यह काम रूस को दिया जाता था लेकिन अब एचईसी करेगा इस तरह से एचईसी की गुणवत्ता की विश्वसनीयता पर एक और मुहर लगा है वहीं दूसरी तरफ एचईसी को इस तरह की परियोजनाओं से आत्मनिर्भर होने में मदद मिलेगा

फिलहाल इस दिशा में काम शुरू हो गया है एचईसी के एफएफपी प्लांट में इस पर काम चल रहा है इंडियन नेवी से मिले इस वर्क ऑर्डर के तहत पनडुब्बी में विभिन्न तरह के ढांचागत निर्माण का काम करना है इसके निर्माण के दौरान गुणवत्ता का खास ख्याल रखना पड़ता है समुद्री पानी और हवा का प्रतिकूल असर ना पड़े इसके लिए निर्माण के दौरान ही कार्बन फास्फोरस और सल्फर की मात्रा पर विशेष ध्यान देना पड़ता है एचईसी लंबे समय से अपने पुनरुद्वार के लिए संघर्ष करता रहा है एचईसी कंपनी को कई प्रोजेक्ट भी मिले हैं जिससे एक उम्मीद जगी है हालांकि समय समय पर बीच बीच में इसकी आर्थिक स्थिति डगमगाने से कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हई है

अब यह अवधि यात्रा की तारीख से छह महीने से बढ़ाकर नौ महीने तक कर दी गयी है यह केवल निर्धारित समय सारिणी के अनुसार रद्द की गयी गाडियों पर लाग है एक तीन नौ के माध्यम से या आईआरसीटीसी की वेबसाइट के माध्यम से टिकट रद्द कराये जाने की रिथित में यह अवधि अब यात्रा की तारीख से आगे नौ महीने तक होगी यात्रा की तारीख निकलने के छह महीने बाद संभव है कि कई यात्रियों ने अपने टिकटों को जोनल रेलवे के टीडीआर के माध्यम से या सामान्य टिकटों के साथ मूल टिकटों के माध्यम से जमा किया हो ऐसे में यात्रियों को पीआरएस काउंटर टिकटों का भी पूरा किराया वापिस किया जायेगा

नई दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल की वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर गीता कामपानी चर्चा में भाग लेंगी

यह कार्यक्रम आज रात साढ़े नौ बजे से एफ एम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर भी सुना जा सकता है

पूर्व कृषि मंत्री और भाजपा विधायक रणधीर सिंह ने हेमंत सरकार पर बीज खरीदारी में घोटाले का आरोप लगाया है

भाजपा के प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि पश्पालन गव्य विकास मछली पालन के क्षेत्र में रघ्वर सरकार में जो काम हो रहे थे ऐसी कई योजनाओं को वर्तमान सरकार बंद कर दिया है श्री सिंह ने कहा कि सरकार धान की खरीदारी में भी पूरी तरह फेल रही है

धान की खरीदारी के नियम को काफी जटिल बना दिया गया है किसान औने पौने दाम में बिचौलिए को धान बेचने पर मजबूर हैं राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के रामगढ़ पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया रामगढ़ के कुल्ही में सड़क के किनारे सब्जी बेच रही महिला एवं पुरुष किसानों से कृषि मंत्री ने बातचीत की इस दौरान उन्होंने किसानों से कहा कि राज्य सरकार ने किसानों के कर्ज माफ कर एक अच्छा काम किया है कृषि मंत्री ने इस दौरान किसानों की समस्याएं सुनी और उसके जल्द निवारण का रास्ता भी बताया कृषि मंत्री ने किसानों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं पर जल्द सुनवाई होगी

इनमें से लगभग साठ प्रतिशत रोगी घर पर आइसोलेशन में हैं

राष्ट्रव्यापी बुनियादी सुविधाओं राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों में नियमों का सख्ती से पालन और डॉक्टरों अर्धचिकित्सा बर्लो तथा कोरोना योद्वाओं के समर्पित प्रयासों से संक्रमण मुक्त होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है

केन्द्र सरकार और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा जांच सुविधाओं में लगातार वृद्वि करने से यह संभव हो पाया है स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में कोविड जांच क्षमता बढ़र्न से संक्रमण का जल्द पता लगाने संक्रमितों को अलग थलग करने और तुरंत इलाज शुरू करने में सहायता मिली है इससे प्रतिदिन संक्रमित होने वालों की दर कम हुई है और यह दो दशमलव तीन प्रतिशत पर आ गई है महामारी फैलने के बाद पिछले वर्ष पहली जनवरी को केवल पुणे के राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान में एक जांच प्रयोगशाला थी वर्तमान में इनकी संख्या दो हजार तीन सौ पांच हो गई है इनमें से एक हजार दो सौ दो सरकारी और एक हजार एक सौ तीन निजी प्रयोगशालाएं हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का काफिला रोके जाने के मामले का मुख्य आरोपी भैरव सिंह ने आज कोर्ट में सरेंडर कर दिया है रांची की अदालत में आत्मसमर्पण करने पहुंचे भैरव सिंह के आने पर यहां क्छ देर तक हंगामा होता रहा इस दौरान वकील और पुलिस के बीच तनातनी की स्थिति बन गई रांची पुलिस भैरव को हिरासत में लेकर अपने साथ ले जाना चाह रही थी लेकिन वकीलों का कहना था कि अभियुक्त ने जब कोर्ट में सरेंडर किया है तो पुलिस उसे हिरासत में नहीं ले सकती

इस दौरान पुलिस आरोपित से पूछताछ करेगी चतरा जिले के सिमरिया पुलिस ने आज चालीस किलो कत्था के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार तस्कर केरेडारी थाना क्षेत्र के रहनेवाले हैं पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि दो बाइक सवार तस्कर अवैध कत्था लेकर हजारीबाग को ओर जा रहे हैं सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मोटरसाइकिल पर ले जा रहे एक बोरी में चालीस किलो सूखा कत्था बरामद कर लिया जिसके बाद दोनों बाइक सवार तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया

हमारे संवाददाता ने बताया है कि कोविड महामारी के मद्देनजर इस वर्ष सप्ताह भर चलने वाले इस कार्यक्रम को छोटे पैमाने पर आयोजित किया जा रहा है